अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदान करेंगे नारी शक्ति पुरस्कार बाडमेर की रूमा देवी भी पुरस्कार पाने वालों में शामिल

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिये हो इसके लिये मध्यस्थता कमेटी का गठन किया गया है कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश इब्राहिम खलिफ्ल्लाह करेंगे इनके अलावा कमेटी में आध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू भी शमिल है अदालत ने एक हफ्ते में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है मध्यस्थता की प्रक्रिया फैजाबाद में होगी जिसकी रिपोर्टिंग मीडिया नहीं कर सकेगा

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुषमा स्वराज और ैअरूण र्जेटली नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इसका उद्घाटन करेंगे वे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास करेंगे ये एक्सप्रेस वे राज्य के कुछ जिलों से होकर गुजरेगा समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड और सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहेंगे

प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की डिक्शनरी जारी करने के बाद बोल रहे थे

एक बयान में कल वायुसेना ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का पता लगाने और इसे विफल करने के लिए आकाश में कड़ी निगरानी रखी जा रही है

जनरल रावत ने सेना की संचालन तैनाती और तैयारियों की समीक्षा के लिए राजस्थान में कल बाड़मेर और सुरतगढ़ सेक्टरों में अग्रिम इलाकों का दौरा करते हुए यह बात कही

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देशभर में पचास नये केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को भी मंजूरी दी है

विश्वभर में सरकारें गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला दिवस पर सभी नागरिकों विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है

यह भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है

इनमें बाडमेर की महिला रूमा देवी भी शामिल है रूमा देवी ने पुरस्कार को राजस्थान की महिलाओं को समर्पित करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया और आकाशवाणी से अपना अनुभव साझा किया

राज्य सरकार ने आज महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशल्क यात्रा की सौगात दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं देर्ते हुए कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है

महिला दिवस के अवसर पर आज वाराणसी में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आयोजित कार्यकम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ रही है

इसके लिए राज्य सरकार ने कल अध्यादेश जारी कर दिया जिसे राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंजूरी दे दी है यह अध्यादेश त्रन्त प्रभाव से लागू हो गया है इसके साथ ही मौजूदा लोकायुक्त एस एस कोठारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है

कल चांद नहीं दिखाई देने पर इसकी घोषणा की गई

विशाला के काश्तकारों की शिकायत के बाद जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की ओर से गठित समिति की जांच रिपोर्ट में ये अनियमिततायें उजागर हई

पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है